केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह ने कल नई दिल्ली में वर्च्यअल प्लेटफॉर्म से स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी करने के साथ राज्यों और शहरों को सम्मानित भी किया इसमें राज्य के चार अन्य नगर निकायों को भी अलग अलग श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया जमशेदपुर को देश के तीन से दस लाख तक की आबादीवाले शहरों की श्रेणी में सिटीजंस फीडबैक में अव्वल स्थान मिला है तो मधुपुर को पूर्वी क्षेत्र को पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सिटीजंस फीडबैक के लिए सर्वेश्रेष्ठ शहर का सम्मान मिला देश के पूर्वी क्षेत्र के पच्चीस से पचास हजार तक की आबादी वाले शहरों में जुगसलाई को इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए पुरस्कृत किया गया वहीं पूर्वी क्षेत्र के पच्चीस से पचास हजार तक आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक के लिए खूटी को भी पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने इन पुरस्कारों के लिए राज्यवासियों के साथ नगर निकायों के पदाधिकारियों और कर्मियों को विशेष तौर पर बधाई दी है

इस दौरान आठ संक्रमितों की मौत की पृष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की

वहीं रांची से सर्वाधिक एक सौ चौदह धनबाद से चौरासी पूर्वी सिंहभूम से इकसठ पलामू से चौवालीस और रामगढ़ से तीस संक्रमित मिले हैं इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में छह और बोकारो एवं रांची में एक एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर छब्बीस हजार नौ सौ अड़तीस हो गई है इसमें सत्रहहजार तीन सौ बीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि नौ हजार तीन सौ बत्तीस सक्रिय मामले और मृतकों की कुल संख्या दो सौ छियासी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौसठ दशमलव दो नौ प्रतिशत हो गई है

उन्होंने कल दो नये वीडियो भी जारी किये जिनमें लोगों से इस महामारी से बचाव और इसकी रोकथाम के लिए निर्धारित शिष्टाचार का पालन करने के बारे में बताया गया है उन्होंने यह भी बताया कि जो दो वीडियो जारी किये गये हैं उनके जरिए कोरोना महामारी के बारे में गंभीर संदेश को जनता तक रोचक तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया गया है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

इनके द्वारा दान किए गए प्लाज्मा से अन्य संक्रमितों का इलाज किया जाएगा जिन पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान करने की इच्छा जताई है उनकी जांच राजधानी रांची के पुलिस लाइन में लगाए जा रहे कैंप में की जाएगी इससे पहले कल सात पुलिसकर्मियों ने अपना प्लाज्मा दान किया था

राज्य में पैंतालीस हजार फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं जबकि छियासी हजार फर्जी राशन लाभुकों के नाम कार्ड से हटाए जा चुके हैं खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा फर्जी राशन कार्ड और लाभुकों को चिन्हित करने की कार्रवाई जारी है इसके तहत नब्बे हजार वैसे राशन कार्डधारियों का आकलन किया गया है जिन्होंने पिछले छह माह से राशन का उठाव नहीं किया है इसके अलावा लगभग दो लाख बासठ हजार वैसे राशन लाभुकों को भी चिन्हित किया गया है जो एक से अधिक जगहों से राशन का उठाव कर रहे थे इन्हीं में से पैंतालीस हजार राशन कार्ड रद्द करने के साथ छियासी हजार फर्जी कार्डधारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है राज्य में सोलह सितंबर तक मनरेगा के तहत दस लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है ग्रामीण विकास विभाग ने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मनरेगा की सोशल ऑडिट यूनिट को सौंपी है इस यूनिट की पांच सौ टीम एक महीने में दस लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सोलह अगस्त से अभियान चला रही है मनरेगा आयुक्त ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सोशल यूनिट टीम के साथ संवाद कर आवश्यक निर्देश दिया उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अबतक एक लाख बीस हजार से ज्यादा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है चतरा जिले में एग्रीकल्वर इंफ्रास्ट्रक्वर फंड के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने की पहल की जा रही है

रांची और हटिया रेलवे स्टेशन स्थित पार्सल कार्यालय अब सुबह आठ से रात्रि के दस बजे तक खुला रहेगा नई कार्यावधि आज से लागू हो गई है रांची रेल मंडल की झारखंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और व्यापारियों के साथ हुई बैठक में कार्यालय की कार्य अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया

यह अभियान झारखंड समेत बिहार मध्यप्रदेश ओडिशा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है

इनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है

गौरतलब है कि यहां चार प्रशिक्ष् पदाधिकारियों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद समहारणालय को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया था